मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए हमेशा वचनबद्ध है और उनके कल्याण के मुद्दों पर बातचीत के रास्ते सदैव खुले हुए हैं कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कल किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की श्री तोमर ने चर्चा के दौरान एक विशषज्ञ समिति बनाने का प्रस्ताव रखा ताकि किसानों के मुद्दों को आपसी सहमति से सुलझाया जा सके बैठक के दौरान सरकार की ओर से किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को कृषि सुधार कानूनों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों की पहचान करने का सुझाव दिया गया जिन पर कल होने वाली चौथे दौर की बातचीत में विचार किया जा सके बैठक के बाद श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने किसानों से आंदोलन रोकने और बातचीत की अपील की है बाइट वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा

सामान्यतौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने लेकिन सभी यूनियंस का कहना था कि सब लोक एक साथ मिलकर बात करेंगे तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में कोई आपत्ति नहीं है स्वाभाविक रूप से हम तो किसानो भाइयों से यह आग्रह करते है कि वह आन्दोलन स्थगित करे और वार्ता के लिये आये लेकिन यह फैसला करना किसान यूनियन पर किसानों पर निर्भर है

श्री जावडेकर ने कहा कि हर वर्ष कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर्याप्त रूप से बढाया जा रहा है लखनऊ नगर निगम के दो सौ करोड़ रूपये के बॉन्ड का आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सूचीबद्धकरण किया गया इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बंबई शेयर बाजार में मंत्रिमंडल के कई वरिष्ठ साथियों और अधिकारियों के साथ उपस्थित रहे

इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ नगर निगम द्वारा बांड जारी करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है

उन्होंने कहा कि इससे अन्य नगर निकाये इकाईयों को स्वाभाविक रूप से प्रेरणा मिलेगी उन्होंने कहा कि नगर निकायों की दृष्टि से यह एक नये युग की शुरूआत है उन्होंने कहा कि इससे लखनऊ नगर निगम आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ेगा और कार्यप्रणाली में प्रशासनिक और वित्तीय सुधार आयेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रति उद्योगपतियों के भरोसे का ही परिणाम है कि प्रदेश में ईज ऑफ डुईग बिजनेस रैंकिंग में प्रदेश ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है मुंबई की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री योगी आदित्यनाथ प्रमुख उद्योगपतियों और फिल्मी हस्तियों के साथ बातचीत करेंगे और उन्हें उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए लोगों से पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करने की अपील की है उन्होंने कहा कि लोगों को समाज निर्माण और पर्यावरण प्रद्षण मुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिये श्री मौर्य आज राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के अवसर पर लखनऊ में पौधा रोपण के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि लोक निर्माण विभाग प्रदेश में हर्बल रोड और हर्बल वाटिकाएं बना रहा है

उन्होंने कहा कि इस वर्ष लोक निर्माण विभाग द्वारा डेढ़ हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण सिंगल यूज बस्ट प्लास्टिक के माध्यम से किया जायेगा उन्होंने कहा कि इस कड़ी में हर्बल वाटिकाओं और हर्बल सड़क का भी निर्माण मेधावी छात्रों और खेल प्रतिभाओं के नाम पर किया जायेगा बाइट हमारे सड़कों के किनारे जगह पड़ी हुई है हमें हर्बल मार्गो जो औषधि वृक्ष होते हैं उनको भी लगाना चाहिये और जो वृक्ष होते है उनको भी लगाना चाहिये हमारे कहा प्लास्टिक बेस्ट या पूरी तरह से चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो चाहे मनुष्य को सबके लिये खतरा बढ़ गया है जो प्लास्टिक बेस्ट उसका कैसे उपयोग हो उससे कैसे सड़को बने इसके लिये भी हमने एक नीति बनाई हैं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

प्रदेश में कल से कोरोना जांच का तीन दिन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है जो कल तक जारी रहेगा इस अभियान के तहत बैंडबाजा लाइट टेन्ट मैरिज हाल डीजे तथा अन्य स्टाफ की सैम्पलिंग कर जांच की जा रही है उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जनपदों में संक्रिमित क्षेत्रों की मैपिंग की जा रही है और चार से दस दिसम्बर के दौरान संक्रमित इलाकों में फोकस टेस्टिंग की जायेगी कौशाम्बी जनपद में एक सड़क दुर्घटना में आठ लोगों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद के देवीगंज चौराहा क्षेत्र में आज भोर प्रहर एक कार पर ट्रक पलट जाने से इसमें सवार चालक सहित आठ लोगों की तत्काल मौत हो गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिये हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बिहार सहित देश के कई अन्य राज्यों में हुए उप चुनाव में भाजपा की जीत यह दर्शाती है कि देश श्री मोदी के साथ है श्री सिंह आज लखनऊ में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व के कारण आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विकास विश्वास और प्रगति का प्रतीक बन गई है बैठक की अध्यक्षता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि मलेरिया को नियंत्रित करने के मामले में भारत ने उल्लेखनीय काय किया है